सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी और बहजन समाज पार्टी के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया प्रश्नकाल में कांग्रेस के अजय क्मार लल्लू सपा के राकेश प्रताप सिंह और संजय गर्ग ने किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए सरकार पर इस दिशा में कोई प्रभावी कदम न उठाने का आरोप लगाया जवाब में गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले बाईस महीने के दौरान बावन हज़ार करोड़ रूपये का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान किसानों को किया है

हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में संगीत नृत्य और रंगमंच के बयालिस कलाकारों को सम्मानित किया गया ग्यारह प्रतिष्ठित कलाकारों का चयन संगीत के क्षेत्र से किया गया है इनमें हिंदुस्तानी संगीत के ललित राव उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा तथा कर्नाटक संगीत की एमएस शीला शामिल हैं नृत्य के क्षेत्र में सत्त्रिया के लिए रामकृष्ण तालुकदार और भरतनाट्यम के लिए रमा वैद्यनाथन सहित नौ कलाकारों को सम्मानित किया गया थिएटर के क्षेत्र में भी नौ कलाकारों को पुरस्कार के लिए चुना गया दस कलाकारों को पारंपरिक लोक तथा जनजातीय संगीत की श्रेणी में सम्मानित किया गया है विजय वर्मा और संध्या पुरेचा को प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उनके समग्र योगदान के लिए सम्मानित किया गया इस पुरस्कार में एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार एक ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम दिया जाता है

आज नई दिल्ली में इंडियन इंस्टिच्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप के छात्रों के साथ चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी संस्थानों की जिम्मेदारी और उनके महत्व को समझने के लिए छात्रों को सार्वजनिक जीवन में आना चाहिए उपराष्ट्रपति ने कहा कि छात्रों के लिए यह भी जरूरी है कि वे लोकतांत्रिक गणराज्य और संसदीय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझें

सम्मेलन का उद्घाटन मानव संसाधन विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव आर सी मीणा ने किया उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र आकलन कार्यक्रम पीआईएसए दो हजार इक्कीस में भारत की हिस्सेदारी के लिए मंत्रालय ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं इससे बच्चों के पठन पाठन के स्तर में सुधार आएगा और देश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी

श्री नाईक आज नई दिल्ली में विमिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के आयूष मंत्रियों के चौथे सम्मेलन में बोल रहे थे

कल लोकसभा में अधिकारिक रूप से यह जानकारी दी गई सर्वेक्षण में इन परिवारों की आय व्यय और कर्ज के बारे में मुख्य रूप से जानकारी हासिल की जाएगी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यह सर्वे करेगा

प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम ऐस्मा लागू करने के बावजूद राज्य कर्मचारी ज़िला मुख्यालयों पर अपनी मांग के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कन्नौज हापुड़ संभल गोण्डा अयोध्या कौशाम्बी सहित अन्य ज़िलों में हड़ताल का आशिक असर है राजधानी लखनऊ में सभी थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है

ब्रंदाबांदी और तेज़ हवाओं से मौसम में काफी बदलाव आया है महराजगंज में ठंड और घने कोहरे का क्रम पिछले दो दिनों से जारी है जबकि कौशाम्बी में तेज़ हवाओं के कारण ठंडक बढ़ गई है और सामान्य जन जीवन प्रभावित हुआ है अयोध्या और गोण्डा में बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी से मौसम में बदलाव आया है जबकि कुशीनगर में घना कोहरा होने की वजह से आम लोगों पर असर पड़ा है उघर सीतापुर में सुबह तेज़ बारिश के बाद तापमान गिरने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है मैनपुरी और बरेली में हल्की से तेज़ बारिश से ठंडक में बढ़ोत्तरी के साथ साथ आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा मौसम वैज्ञानिकों ने कल भी राज्य के कई स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान जाहिर किया है